मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों से देहरादून में लगातार नेशनल हैण्डलूम एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है इससे लोगों को अपनी पसंद के उत्पाद और अनेक राज्यों के पहनावे मिल जाते हैं देशभर से आये शिल्पकारों को इससे अच्छी आमदनी भी प्राप्त होती है उन्होंने कहा कि नेशनल हैण्डलूम एक्सपो एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों के महिला स्वयं सहायता समूह सहकारी समितियां शिल्पकार और बुनकर अपने उत्पादों को बड़े मार्केट से जोड़ पाते हैं

रैली का नेतृत्व भाजापा के प्रदेश मंत्री और देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी ने किया इससे पहले गोष्ठी में विनोद कंडारी ने लोगों से नागरिकता संशोधन अधिनियम के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील की साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाह न फैलाने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी उन्होंने बताया कि सीएए नागरिकता लेने नहीं बल्कि नागरिकता देने के लिए है

संगोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि इस कानून को लेकर लोग भ्रम में हैं इसलिए लोगों को इसके प्रति जागरूक करना आवश्यक है इस अवसर पर वक्ताओं ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर छात्रों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए गए और उन्हें बताया कि इस कानून से किसी को डरने की जरूरत नहीं है यह नागरिकता देने का कानून है लेने का नहीं कार्यक्रम में डिप्टी एडवोकेट जनरल सुनील खेड़ा ने कहा की इस संगोष्ठी का मुख्य मकसद सी ए ए के विषय में विद्यार्थियों तक वास्तविकता पहुंचाना है

विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विशेष सत्र आहत होने के संबंध में अधिसुचना जारी होने के बाद इसकी जानकारी दी

इसे सभी राज्यों की विधानसभाओं से पारित कराया जाना जरूरी है उन्होंने कहा कि इसीलिए एक दिन का विशेष सत्र उत्तराखंड विधानसभा में भी आहूत किया जा रहा है अमृत योजना नैनीताल सांसद अजट भट्ट ने कहा है कि बढ़ती जनसंख्या और जल के अत्यधिक दोहन से भूमिगत जल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है उन्होंने भूमिगत जल के साथ ही बिजली पेट्रोल डीजल वन आदि के उचित उपयोग पर जोर दिया आज हल्द्वानी में सांसद भट्ट ने अमृत योजना के अन्तर्गत राजपुरा पेयजल योजना के पुनर्गठन कार्य की योजना का भूमि पूजन किया उन्होंने कहा कि हर घर में नल और हर नल में जल के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार लगातार काम कर रही है सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि अमृत रूपी पेयजल की किसी भी क्षेत्र में दिक्कत न हो उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी देते हुए धनराशि स्वीकृत कर दी गयी है जल्द ही बांध निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा सांसद बैठक अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा ने कहा है कि वर्तमान समय में केन्द्र और राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ने का है ताकि वे भी अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका निभा सके बागेश्वर में विकास समन्वय और निगरानी समिति की समीक्षा बैठक में अजय टम्टा ने अधिकारियों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक प्राथमिकता से पहुंचाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी स्वजल एवं पंचायतराज विभाग की समीक्षा करते हुए श्री टम्टा ने कहा कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन और विभिन्न कार्यो के लिए पर्याप्त मात्र में बजट आवंटित किया गया है इसके माध्यम से ग्राम पंचायतों में विभिन्न कार्यों को गुणवत्तापरक रुप में किया जाना आवश्यक है उन्होंने बदियाकोट सोराग सहित पिंडर घाटी के गांवों में सौभाग्य और दीनदयाल उपाध्याय योजना के बावजूद विद्युतीकरण नहीं होने पर ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए पाला पर्वतीय जिलों में इन दिनों पाला पड़ रहा है जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है पाले से फसलों को भी नुकसान हो रहा है चम्पावत जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में दिनभर गुनगुनी धूप राहत दे रही है लेकिन शाम होते ही पाला पड़ रहा है जिल के देवीध्रा खेतीखान चम्पावत लोहाघाट आदि स्थानों में साग सब्जियां पाले से नष्ट हो गयी हैं पैदल और मुख्य मार्गों पर पाले के कारण राहगीर और वाहन फिसलकर चोटिल हो रहे हैं जिला प्रशासन द्वारा पाला संभावित जगहों पर नमक और चुने का छिड़काव किया जा रहा है साथ ही इन जगहों पर चेतावनी बोर्ड भी लगाये गए हैं मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल भी स्थिति यही रहेगी जबकि मैदानी इलाकों खासकर हरिद्वार और उधम सिंह नगर में मध्यम कोहरा छाने की संभावना है मैदानों में शीतलहर भी परेशान कर सकती है सेमिनार भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान की ओर से आज हल्द्वानी में सेमिनार का आयोजन किया गया

सेमिनार में संस्थान में प्रवेश की प्रक्रिया और पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जाएगी सेमिनार में प्रवेश निशुल्क है अब संक्षिप्त समाचार आगामी चारधाम यात्रा सीजन में उत्तरकाशी की पारम्परिक पौराणिकऔर धार्मिक कलाकृतियां अंग वस्त्रों औप परिधानों में श्रद्वालुओं को उपलब्ध होगी